कंजयाण में एक जनसभा को संबोंधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर जिले का विकास सरकार की प्राथमिकता है और सभी इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने लोगों की जीवनशैली को पुरी तरह बदल दिया है और इस महामारी से बचने के लिए फेसमास्क का उपयोग व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है जयराम ठाकूर ने कहा कि कांग्रेस नेता विपत्ति के समय में भी राजनीति कर रहे हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबरने में केंद्र सरकार सफल रही है और मांग में तेजी व उत्पादन में बढ़ौतरी हो रही है

वन मंत्री कांगड़ा ज़िले के नूरपुर और मंडी ज़िले के नाचन में वन निगम के दो आध्रनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जाएंगे राज्य वन निगम के निदेशक मंडल की आज धर्मशाला में वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया

वन मंत्री ने कहा कि आय बढ़ाने के लिए वन निगम नए उत्पादों पर जोर देगा और प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सोलर प्लांट लगाने पर विचार किया जा रहा है इस बीच वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में राकेश पठानिया ने कहा कि कांगड़ा जिले के कुठेड़ में चंदन व जड़ी बूटियों पर आधारित एक्सिलेंस सेंटर विकसित किया जाएगा सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी पंचायत चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और पंचायत चुनाव को लेकर बैठके की जा रही है उन्होंने कहा कि केंद्र ँव प्रदेश सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाए चलाई हैं और समाज का हर वर्ग इनसे लाभान्वित हुआ है सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में भाजपा की ई विस्तारक योजना पूरी हो चुकी है और पार्टी ने पन्ना योद्वा तैनात कर दिए है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों को संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करेने को कहा है

कुलदीप राठौर ने आगामी पंचायत व नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे लाने का आहवान किया बर्फबारी लाहौल स्पिति ज़िले में बीती रात बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है

इस बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है और लाहौल घाटी में राज्य परिवहन निगम की बस सेवाए भी प्रभावित हुई है समय से पूर्व हुई इस भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिक ऊचाई वाले इलाकों में वर्षा या हिमपात की संभावना जताई है जबकि अन्य भागों में मौसम साफ रहेगा